शासकीय स्कूल प्रवेश प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश देने से संबंधित निर्देश लोक शिक्षण संचालक ने जारी कर दिए हैं इस निर्देश में समी शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने संभाग और जिले के अंतर्गत शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों के निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है जारी निर्देश में कहा गया है कि कृछ जिलों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि विद्यार्थियों को शासकीय स्कूल में प्रवेश के दौरान स्थानीय निधियों जैसे एएफ पीबीएफ स्काउट रेडक्रॉस शाला विकास आदि शुल्क लिया जा रहा है वर्तमान में सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं इसलिए किसी भी छात्र से शिक्षण संस्थान द्वारा कोई भी शुल्क नहीं वसुला जाएगा आंगनबाडी निर्दे श प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों को आगामी सात सितंबर से फिर से खोला जाएगा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाएगा इस दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में दोपहर का पोषण आहार पहले की तरह ही गर्म भोजन के रूप में प्रदाय किया जाएगा वहीं आंगनबाड़ी केन्द्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन भी होगा महिला और बाल विकास विभाग ने इस संबंध में सभी संभाग आयुक्तों जिला कलेक्टरों और विभागीय जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं इसमें कहा गया है कि कंटेमेन्ट घोषित क्षेत्रों में आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों को नहीं खोला जा सकेगा आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने से पहले सैनिटाईजेशन किया जाएगा प्रत्येक हितग्राही का केन्द्र में प्रवेश के पहले साबुन से हाथ धूलाया जाएगा साथ ही उनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी हितग्राहियों को अलग अलग समय पर बुलाया जाएगा ताँकि सामाजिक दूरी बनी रही एक समय में पन्द्रह व्यक्तियों से अधिक लोग भवन में मौजूद नहीं होंगे गर्म भोजन के लिए पात्र हिंतग्राही जिनमें तीन से छह वर्ष के बच्चे गर्भवती महिलाएं और सपोषण अभियान के हितग्राही को ही केन्द्र में आने की अनुमति होगी आंगनबाड़ी केन्द्र में सभी हितग्राहियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा वहीं नारायणपुर जिले में कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्र शुरू करने से पहले सभी आंगनबाडी कार्यकताओं की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी मिशन कर्मयोगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया मिशन कमेंयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक चितनशील नवाचारी पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कर्मयोगी भिशन मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी

कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है दूर्ग जिले में आज पैंतीस कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है ये सभी मरीज दूर्ग और भिलाई के शहरी क्षेत्रों से हैं उधर बस्तर जिले में आज बाईस कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं इनमें सीआरपीएफ के दो जवान भी शामिल हैं इधर महासमुंद जिले में नौ बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इनमें स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के प्रबंधक सहित तीन कर्मचारी भी शामिल हैं इसके बाद स्टेट बैंक की मुख्य शाखा को सील कर दिया गया है नीट की तैयारी कर रही पिथौरा की एक परीक्षार्थी के कोरोना पॉजिटिव पॅाए जाने के बाद महासमुद कोविड सेंटर में अलग से व्यवस्था की गई है इसी तरह कोरबा जिले के कटघोरा में आज आठ कोरोना संक्रमित नये मरीजों की पहचान की गई है वहीं जांजगीर चांपा के कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है राजनांदगांव जिले के पेंड्री कोविड अस्पताल में भी दो कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है इसके बाद नगर पालिक निगम सीमा को कंटमेन्ट जोन घोषित कर दिया गया है यहां सभी व्यवसायिक संस्थानों को चार सितंबर से बारह सितंबर तक बंद रखा जाएगा वहीं लालबाग सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी धर्मशाला में भी अब कोरोना की जांच की जाएगी दूसरी ओर बालोद के बुधवारी बाजार में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आसपास की सभी दुकानों को अगले बहत्तर घंटे के लिए बंद कर दिया गया है आज अब तक रायगढ़ जिले में सोलह और कोंडागांव जिले में सात कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है रायपुर जिला कलेक्टर ने सेलून दुकानों को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक चालू रखने की अनुमति दे दी है प्रत्येक रविवार के स्थान पर अब मंगलवार को सेलन दकानों को बंद रखा जाएगा वहीं द्र्ग जिले में कोविड जांच से संबंधित रैपिड एंटीजन रिपोर्ट अब जांच स्थल पर ही मिल जाया करेगी इसके अलावा यदि किसी संभावित मरीज की ट्र् नॉट या आरटीपीसीआर जांच की जाती है तो उसकी रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर मैसेज के जरिए मेज दी जाएगी और उसे रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल आने की जरूरत नहीं पडेगी इस बीच आज राजनांदगांव की पूर्व महापौर शोभा सोनी का कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया लोगों ने मुक्तांजलि वाहन पर फूल बरसा कर अपनी प्रष्पांजलि अर्पित की छत्तीसगढ़ में आज अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आठ सौ सैंतीस मरीज मिले हैं इस तरह से प्रदेश में आज तक मिले कल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर छत्तीस हजार पांच सौ बीस हो गई है आज कोरोना की वजह से प्रदेशभर में तेरह लोगों की मौत हुई है इसे मिलाकर राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर तीन सौ बारह हो गई है प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इस समय सत्रह हजार दो सौ अंठावन मरीजों का इलाज चल रहा है

उन्होंने रायपुर जिले में लगभग दस हजार तथा दुर्ग बिलासपुर और रायगढ़ जिले में दो हजार बिस्तर बढाने को कहा है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक एप्प भी बनाने के निर्देश दिए हैं इस एप्प में अस्पताल में भरे और खाली बिस्तरों की जानकारी होगी इससे कोरोना मरीजों को अस्पताल का चुनाव करने में आसानी होगी ट्रेन संचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन रायपुर कोरबा रायपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन और रायपुर केंवटी रायपुर मेम स्पेशल की सुविधा कल चार सितंबर से शुरू की जा रही है रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार दूर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन चार से उनतीस सितंबर तक और अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन पांच से तीस सितंबर तक किया जाएगा रेलवे क्रेडिट कार्ड इस बीच भारतीय रेलवे की आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर रूपे प्लेटफार्म पर अपना नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लांच किया है ग्राहकों को लेनदेन का एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने को उद्देश्य से जारी नया रूपे क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस हैं इसके उपयोगकर्ता पीओएस मशीनों पर कार्ड को टैप कर लेनदेन प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं इसमें कार्ड को स्वीप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कार्ड को ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाईन किया गया है यह कार्ड रेल यात्रियों को खूदरा मोजन और मनोरंजन के अलावा लेनदेन शुल्क में छूट पर विशेष लाभ के साथ रेलयात्रा पर अधिकतम बचत भी प्रदान करता है साइबर अपराध नेशनल क्राइम रिकार्ड व्यूरो नई दिल्ली द्वारा संचालित साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन साइबर अपराध संबंधी शिकायतों पर अब तुरंत कार्रवाई की जाएगी छत्तीसगढ़ शासन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज ने कल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध संबंधी शिकायतों पर सजग होकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं इस मामले में कोताही बरतने पर संबंधित थाना प्रभारियों के खिलाफ अनुशानात्मक कार्रवाई भी की जाएगी श्री विज ने पोर्टल के सुचारू रूप से संचालन को लेकर समीक्षा की इस दौरान जिलों की शिकायतों की स्थिति और तकनीकी समस्याओं पर भी चर्चा की गई उन्होंने रायपुर दुर्ग और बिलासपुर जिले में सर्वाधिक प्रकरण लंबित होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षकों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए प्रत्येक जिला प्रभारी प्रतिदिन इस पोर्टल का अवलोकन कर संबंधित थाने को भेजकर तत्काल कार्रवाई करवाएंगे ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायत कोई भी नागरिक वेबसाइट की माध्यम से दर्ज करा सकता है इस बीच बिलासपुर जिले में पुलिस द्वारा साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर मितान अभियान भी चलाया जा रहा है इस दौरान पुलिस के साइबर रक्षक घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं आईजी दीपांश काबरा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत कमार अग्रवाल ने साइबर मितान एक कदम सजगता की ओर अभियान के शुरूआत की है जिसको लोगों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है आईईडी बरामद राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों ने सर्थिंग के दौरान ककर में रखा पांच किलो का एक आईईडी बरामद किया है मिली जानकारी के मुताबिक बकरकट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी इसी दौरान जवानों ने ग्राम खाम्ही हाथीझोला और समुंदपानी के बीच सड़क के किनारे एक क्कर में रखे पांच किलो के एक आईईडी को बरामद किया जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया वहीं सीमावर्ती तेलंगाना राज्य के भद्राईी कोत्तागडम जिले के गंडाला इलाके में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को मार गिराया है मारे गए माओवादी के पास से एक पिस्तौल भी बरामद की गई हैं विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू हुए बीते अट्ठाईस अगस्त को छह साल पूरे हो गए हैं इस योजना के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक और छत्तीसगढ़ भें स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के कन्वेनर परविंदर भारती से इस भेंटवार्ता का प्रसारण कल सुबह साढे दस बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से मीडियम वेव पर किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे पेयजल समिति बैठक प्रदेश में जलप्रदाय योजनाओं विद्युत उत्पादन केन्द्रों और औद्योगिक संस्थानों को अब विभिन्न नदियों से पानी उपलब्ध कराया जाएगा मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में मंत्रालय में आज आयोजित राज्य जल संसाधन उपयोगिता समिति की बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई बैठक में तय किया गया कि बिरगांव सरायपाली बसना अंबागढ़ चौकी खैरागढ़ बेरला सख्ती जांजगीर नैला बिल्हा पेंड्रा मुंगेली लोरमी कवर्घा बैकुंठपुर और छुरीकला सहित विभिन्न आवर्धन जल प्रदाय योजना के लिए पेयजल की आपूर्ति की जाएगी संक्षिप्त समाचार जांजगीर चांपा जिले में यूरिया खाद बांटने में गड़बड़ी पाए जाने पर एक सहकारी समिति और सात निजी विक्रेताओं के पंजीयन प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में शिवनाथ नदी स्थित एनीकट में डूबने से एक महिला की मौत हो गई बलरामपुर जिले के प्रभारी प्रमुख सचिव मनोज कमार पिंगुआ ने वाइफनगर विकासखंड के ग्राम बंसतपुर स्थित गौठान का निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी ली जांजगीर चांपा जिले के बम्हनीडीह थाना में पदस्थ दो आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक ने एक शराब तस्कर को छोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है